शुभारम्भ के मुख्य कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ के उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समागार में किया गया इस अवसर पर प्रदेश सरकार के वन पर्यावरण जन्तु उद्यान एवं उद्यान मंत्री दारा सिंह चौहान और वन एवं पर्यावरण विभाग की प्रमुख सचिव कल्पना अवस्थी मौजूद रहीं

सिंचाई मंत्री आज गोरखपुर के सर्किट हाउस समागार में बाढ़ तैयारियों की समीक्षा बैठक ले रहे थे

महिला और बाल विकास मंत्रालय ने जानलेवा ऑनलाइन खेल मोनो चैलेंज को लेकर परामर्श जारी किया है मंत्रालय ने अभिभावकों को सोशल मीडिया पर अपने बच्चों की गतिविघियों पर नजर रखने को कहा है ताकि उन्हें इस खेल से दूर रखा जाए